दौरे के दौरान राज्यपाल ने लड़कियों के लिए खराब स्वच्छता मानक पर चिंता जताते हुए कहा कि स्क्रल में शौचालय की सुविधा की कमी कई बालिकाओं द्वारा अपनी पढ़ाई को बीच में रोकने का एक मुख्य कारण है राजभवन से मिली एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल ने क्लासरुम में प्रतिबंधित प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन के साथ अपर्याप्त रोशनी पाई दौरे के दौरान स्क्रल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय न होने से राज्यपाल को काफी निराशा हुई गौरतलब है कि स्कूल में कुल बयासी विद्यार्थी है जिनमें से पैसठ विद्यार्थी लड़किया है बाद में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा द्वारा बुलाए गए बैठक में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक तापी गाव ने राज्यपाल के आग्रह पर स्कूल को अपनाते हुए उसके विकास के लिए कार्य करने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों पर चलते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के विकास के लिए तीन सी संस्कृति संपर्क और वाणिज्य पर केंद्रित होने को कहा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तीन सी को अपनाने पर जिस प्रकार जोर दिया उसी प्रकार हमे भी अपने क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए इन तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ये बात उप मुख्यमंत्री ने कल नामसाई जिले के पियोंग अंचल के अंदर आदी निंरु गांव में आदी समुदायों का त्योहार सोलूंग के स्वर्ण जयंति समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा समारोह में भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष ताफिर गाव स्थानीय विधायक जिंग्नू नामचूम और नामसाई जिला उपायुक्त डॉ तपस्या राघव भी उपस्थित थे विधायक नाबम रेबिया ने कल चेसा पुलिस आउटपोस्ट का दौरा कर कहा कि क्षतिग्रस्त पुलिस अउटपोस्ट का तत्काल पुनुरुद्वार किया जाएगा गौरतलब है कि गत उन्नीस अगस्त को अरुणाचल सीमा के भीतर राजगढ़ सड़क किनारे एक सात वर्षीय बच्ची के शव मिलने के बाद उत्तेजित भीड़ ने पत्थर फेंककर चेसा पुलिस आउटपोस्ट को नुकसान पहुंचाया था दौरे के दौरान श्री रेबिया के साथ राजधानी जिला उपायुक्त प्रिंस धवन पुलिस अधीक्षक एम हर्षवर्धन और अन्य अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुलिस आउटपोस्ट का निरीक्षण किया और स्थिति की जानकारी ली बाद में श्री रेबिया ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उन्हें शांति बनाए रखने का आग्रह किया नाहरलगुन के पाचिन क्षेत्र में गत बुधवार को कुछ अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से एक जोड़े पर हमला किया हमले में महिला की जान चली गई जबकि उसका पति गंभीर रुप से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है असम के लखिमपुर जिले के नावबोयसा क्षेत्र के रहने वाले ये दंपत्ति खेतों के बीच एक बांस के घर में रह रहा था वे वहाँ खेतो में मजदूरों के रुप में काम कर रहे थे राजधानी पुलिस अधीक्षक एम हर्षवर्धन ने बताया कि नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है नामसाई जिले की महिला कल्याण सोसायटी ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पत्र लिखकर चौखाम अंचल के एमपोंग गांव में तेरह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के अनसुलझे मामले की त्वरित जांच के लिए मामले को विशेष जांच प्रकोष्ठ को सौंपने की मांग की है सोसायटी ने कहा कि इस घिनोने अपराध को हुए आठ महीने बीत चुके है और मामले की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ी है राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में पासीघाट सी डी पी ओ कार्यालय की आई सी डी एस उप निदेशक पोनुंग आंडू इरिंग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण की शपथ दिलाई उपनिदेशक ने कुपोषण को दूर करने और बच्चों तथा नागरिकों के लिए उचित पोषण पर जागरुकता पैदा करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोड़ दिया उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महीने भर चलने बाली कार्यक्रम के दौरान होने वाले कई गतिविधियों में पूरी सक्रीयता के साथ भाग लेने और अपना योगदान देने को कहा आगामी विजय हजारे प्रतियोगिता की तैयारी के लिए राज्य से सोलह सदस्यीय क्रिकेट टीम कल असम के गोअलपाड़ा के लिये रवाना हो गए है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की क्रिकेट टीम पहली बार हिस्सा ले रहे है विजय हजारे ट्रॉफी आगामी उन्नीस सितंबर से गुजरात में आयोजित होगी सियांग जिले के पांगिग में कल खेले गए पहला तागी तालोह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में कोमसिंग टीम ने डी ए एस सी को दो शून्य से पराजित किया विजेता दल को ट्रॉफी के साथ एक लाख रुपया नगद पुरस्कार जबकि उपविजेता दल को पचास हजार रुपया नगद प्रस्कार प्रदान किया गया प्रतियोगिता में कुल छब्बीस टीमों ने हिस्सा लिया था पांगिंग के विधायक तापंग तालोह के स्वर्गीय पिता के याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था समापन समारोह में भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष तापिर गाव विधायक तापंग तालो और जिला उपायुक्त राजीव ताकुक उपस्थित थे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 आज का अधिकतम तापमान तैंतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान दो मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया